नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस आज राज्यसभा में किया जायेगा पेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा महिलाओं के विरूद्व अपराधों को देखते हुए समाज को समानता के अधिकार के अपने दृष्टिकोण पर दोबारा करना चाहिए विचार प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने प्राथमिक शिक्षा को बेहतर भविष्य की नींव बताते हुए शिक्षकों से सशक्त राष्ट्र के निर्माण का किया आहवान

विधेयक पर हुए मत विभाजन में सदन में उपस्थित सभी तीन सौ पचपन सदस्यों ने इसका समर्थन किया संशोधन विघेयक में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है इसे दस वर्ष और बढ़ाकर पच्चीस जनवरी दो हजार तीस तक करने का प्रस्ताव है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय लंबे समय से वंचित रहे हैं और उनके साथ भेद भाव होता रहा है इसलिए आरक्षण का विस्तार एक उचित कदम है

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण पर निजी उद्योगों को संवेदनशील बनाया जा रहा है विधि मंत्री ने बताया कि विधेयक में एंग्लो इंडियन समृदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार देश में इनकी क्ल संख्या दो सौ छान्नवे रह गई है इससे पहले चर्चा की शुरूआत कांग्रेस के हीबी ईडेन ने की विस्तार से की गई चर्चा में डी एम के तृणमूल कांग्रेस शिवसेना जनता दल यूनाइटेड बीजू जनता दल एन सी पी और भाजपा के सांसदों ने भाग लिया नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस आज राज्यसभा में विचार किए जाने और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा लोकसभा इस विधेयक को बारह घंटे की लम्बी बहस के बाद पहले ही पारित कर चुकी है ये विधेयक पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के से उत्पीड़ के कारण वर्ष दो हजार चौदह के अन्त तक भारत आ गए हिन्दू पारसी बौद्व जैन और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है उधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया

देश के प्रधानमंत्री जी को गृहमंत्री जी को अमिनन्दन करता हूं बधाई देता हूं

इस विधेयक में शस्त्र अधिनियम उन्नीस सौ उनसठ में संशोधन का प्रस्ताव है इस संशोधन विधेयक में एक व्यक्ति को कई हथियार प्राप्त करने के लाइसेंस में कटौती करना और संबंधित कानून के उल्लंघन पर दंड की सीमा बढाने का प्राक्षान है विधेयक का उद्देश्य हथियार प्राप्त करने के लाइसेंस की वैधता तीन वर्ष से बढाकर पांच वर्ष किए जाने की भी व्यवस्था है

वे कल स्पेन के मेड्रिड में जलवायू परिवर्तन पर राष्ट्रों के सम्मेलन के पच्चीसवें सत्र को संबोधित कर रहे थे

नई दिल्ली में कल मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में देश में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं सामने आई हैं इन अपराधों को देखते हुए समाज को बराबरी के अधिकार पर दोबारा विचार करना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि यह दिवस मनाने का आदर्श तरीका यही है कि पूरा विश्व आत्मावलोकन करे कि उन्नीस सौ अड़तालिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार की गई मानवाधिकारों की सार्वमैम घोषणा में निर्धारित अधिकारों को बनाए रखने के लिए और क्या किया जा सकता है राष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकारों पर भारत का राष्ट्रीय परिपेक्ष्य सही ढंग से केंद्रित है और इसमें कर्तव्यों को भी समान महत्व दिया जा सकता है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्राथमिक शिक्षा को बेहतर भविष्य की नींव बताते हुए शिक्षकों से इस कार्य का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हए एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करने का आहवान किया है श्रीमती पटेल कल गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतिम दिन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विद्यार्थियों शिक्षकों और छियालीस विभिन्न संस्थानों के प्रमुखों को संबोधित कर रही थीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों और अभिभावकों से शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने को भी कहा श्रीमती पटेल ने कहा कि हमें इस पर विचार करना होगा कि जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं वह उनके भविष्य के लिए उपयोगी है अथवा नहीं उन्होंने कहा कि दिशाहीन शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है अपने संबोधन में श्रीमती पटेल ने जल संरक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए छात्रों से पानी की हर एक बूंद बचाने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों से कहा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो परिश्रम को आधार बनाना होगा श्री योगी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के योगदान को महत्वपूर्ण बताया समारोह में सप्ताह भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के सात सौ पंद्रह विजेता छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया पीलीभीत जनपद में पराली की समस्या का निदान महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से किया जायेगा किसान अपने खेतों में गड्ढे बना कर फसलों के अवशेष से खाद बनायेंगे

उन्होंने कहा कि यह खाद कोमिकल रहित है और कृषि के लिए काफी फायदेमंद है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से एमएस यादव प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए राज्य पुलिस ने आपातकालीन सेवा डायल एक सौ बारह की अपनी पीआरवी गाड़ियों में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है महिलाएं अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचने के लिए उनकी मदद ले सकती हैं आकाशवाणी के साथ बातचीत में प्रदेश पुलिस के अपर महानिदेशक तकनीकी सेवाएं और डायल एक सौ बारह के प्रमारी असीम अरुण ने कहा कि डायल एक सौ बारह सेवा के बेड़े में मौजूद गाड़ियों में से दस फीसदी में अब महिला पुलिस की भी तैनाती की जाएगी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक पैंसठ लाख से अधिक लोगों का इलाज किया जा चुका है